वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग ने भी प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम दो हजार पंद्रह को सत्र में पेश किया राज्य में पंचायती राज संस्थान की स्थिति पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि राज्य ने दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया है और राज्य सरकार इस प्रणाली के संचालन के लिए प्रासंगिक नियमों के परिणामी संशोधन की तैयारी की प्रक्रिया में लगे हुए है उन्होंने बताया कि पंचायत के पुर्णगठन होने तक पंचायतों के कार्यभार को संभालने के लिए सरकार ने सभी ग्राम खंडो में अंतरिम ग्राम पंचायत स्तरीय समिति और जिला अंतरिम समिति का गठन पंचायती राज संस्थान के कार्यभार को संभालने के लिए किया है श्री लिबांग ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थान के संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने के मुद्दे को भी जांच रही है विधायक वांगलिन लोवांगदोंग के उठाए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के संबंद्व समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्रों में संस्थागत और आवसीय आवश्यक ब्रनियादी ढांचा का विकास किया जा रहा है और इसे राज्य सरकार चरण बद्ध तरीके से कर रहा है

ए पी सी सी ने छब्बीस अगस्त को राजीव गांधी भवन ईटानगर और राज्य के तेईस जिला कांग्रेस समिति कार्यालयों में डोनेशन बॉक्स रखा

राजधानी ईटानगर में कार्यक्रम का श्रभारंभ करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आली लिबांग ने ने कहा कि एक से उन्नीस वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इस दिवस के दौरान निशुल्क अलबेनदाजोल टेबलेट दिया जायेगा क्रमिनाशक अभियान के इस चरण में करिबन चार दशमलव नौ लाख बच्चों को अलबेनदाजोल टेबलेट्स खिलाया जायेगा जिरों नामसाई अनिनि सेप्पा खोंसा बालिजान और कामले जिला के यादा रागा स्थित हुतों माध्यमिक स्कूल में भी राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस का शुभारंभ किया गया राज्य सरकार नें मुख्यमंत्री संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा कोंचिंग योजना के तहत राज्य के प्रतिभावान छात्रों के लिए पचहत्तर लाख रुपए की धनराशि की घोषणा की है राजधानी ईटानगर में सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में शिक्षा मंत्री होनचुन ङानदाम ने यह जानकारी दी श्री ङादम ने कहा कि प्रतिभाशाली गरीब छात्रों के लिए यह योजना काफी लाभप्रद होगा

केंद्र सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अगले महीने की पच्चीस तारीख से शुरु करने के लिए पूरी तरह तैयार है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है